शिमला में आज जेल और सुधार सेवाएं विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों व औद्योगिक घरानों को कैदियों के पुनर्वास में सहयोग देना चाहिए इस सम्मेलन का उददेश्य जेलों में सजा काट रहे कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है मुख्यमंत्री ने समाज के सभी सदस्यों से जेल में कैदियों को हरसंभव सहयोग देने का आग्रह किया ताकि कारावास की अवधि पूरी होने के बाद वे सामान्य जीवन जी सके

उन्होंने कैदियों के लिए ई पेशी ई जेल सोफ्टवेयर और वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा देने के लिए जेल व सुधार सेवा विभाग की सराहना भी की जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शिमला में कैदियों द्वारा चलाए जा रहे बुक कैफे के निजीकरण के पक्ष में नहीं है उन्होंने कैदियों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किए वीरेन्द्र कंवर पुशपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि गौ सदनों को घरेलू दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी और इस बारे में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है ऊना जिले के थानाकलां में गौ सदन संचालकों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि गौ सदन चलाने वालों की समस्याओं से राज्य सरकार परिचित हैं और उन्हें दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं

इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने बीहडू गांव में जनसुनवाई की और अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि घरवासड़ा रायपुर सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक वर्ष के भीतर किया जाएगा गोविंद ठाकुर वर्न मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया

गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन सभी के लिए आदर्श व प्रेरणा का स्रोत है

वीरभद्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आज सुबह आईजीएमसी शिमला से पीजीआई चण्डीगढ़ रैफर किया गया है सूत्रों के अनुसार सांस की दिक्कत के कारण वीरभद्र सिंह पिछले दो दिन से आईजी एमसी शिमला में भर्ती थे और शिमला में धुंध को देखते हुए डाक्टरों ने उन्हें पीजीआई रैफर करने का फैसला लिया डॉक्टरों के अनुसार वीरभद्र सिंह की तबीयत सामान्य है महिला आयोग राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने महिलाओं द्वारा दर्ज मामलों की जांच निष्पक्ष रूप से किए जाने पर जोर दिया है धर्मशाला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों में महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों की जांच निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए ताकि महिलाएं बिना किसी डर के अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें डेजी ठाकुर ने प्रताड़ित महिलाओं की समस्याओं को दूर करने व उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करने को लेकर पुलिस कर्मियों को जागरूक किया सतपाल सत्ती ऊना जिले की बहडाला पंचायत में आज पोषण अभियान का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक व कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया सत्ती ने कहा कि बच्चों के सही पोषण से ही देश रोशन होगा उन्होंने बताया कि पोषण अभियान में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए ऊना जिले को पुरस्कार से नवाजा गया है न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किय गया है केन्द्र सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है उनके सम्मान में प्रदेश उच्च न्यायालय में कल फुल कोर्ट रैफरेंस का आयोजन किया जाएगा प्रवेश प्रदेश विश्वविद्यालय ने हाल ही में घोषित स्नातक प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में अनुतीर्ण हुए विद्यार्थियों को फिर से प्रवेश की अनुमति दे दी है

पिछले दो महीने से इन विद्यार्थियों ने द्वितीय वर्ष में रोलऑन आधार पर प्रवेश लिया था लेकिन अब इन्हें प्रथम वर्ष में दाखिला मिलेगा